आयेाग की स्थापना के सिलसिले में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात कही नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार लोगों को उनके अधिकार देकर उनका जीवन स्तर सुधारने में प्रतिबद्ध है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान सौभाग्य योजना जैसे काय्रकमों का उद्देश्य सबको गरिमामय जीवन जीने के लिए साधन उपलब्ध करवाना है शिमला जिला आपदा प्रबंधन अधिकरण द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के बारे में दो दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें अग्निशमन विमाग व गृहरक्षक वाहिनी सहित कई निजी कम्पनियां द्वारा स्कूली बच्चों व अन्य लोगों को आपदा से निपटने के तरीकों से अवगत कराया गया अग्निशमन कर्मियों ने आगजनी की मॉकड्रिल कर आग की रोकथाम के उपाय बताए लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण मेला लगाया गया इसमें आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी बाद में केलंग में पोषण के संबंध में जागरूकता रैली भी निकाली गई शारदीय नवरात्रों के चलते आज पांचवे दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर और तारादेवी मंदिरों में सुबह से मां के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी है मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन कार्यक्रमों से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है राज्य के अन्य शक्तिपीठों में मी बड़ी संख्या में श्रद्वालु उमड़ रहे हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने कल हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक भास्कर लिखता है स्की विलेज प्रोजेक्ट को खत्म करने का फैसला

आपका फैसला के अनुसार हिमालयी स्की विलेज कंपनी के साथ समझौता रद्द कैबिनेट रैंक पर मान गए रमेश धवाला शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है नाराजगी दूर प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे ज्वालामुखी के विधायक पंजाब केसरी हिमाचल दस्तक और दिव्य हिमाचल के एक जैसे शब्द हैं धवाला को मिला कैबिनेट रैंक भंडारी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन

हिमाचल दस्तक लिखता है शास्त्री भर्ती में बिना मेरिट मारी गई जनरल सीटें सिरमौर से आया मामला फिर क्लेरिफिकेशन मांगा शिक्षा विभाग ने

अमर उजाला लिखता है बेटियां बचाने में हमीरपुर बना देश का सर्वश्रेष्ठ जिला एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय युवाओं के लिए में लिखता है कि प्रदेश के कॉलेजों में रोजगार लगाने की पहल नौकरी न मिलने से कुंठित युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए हिमाचल दस्तक ने अपने सम्पादकीय अवैध कब्जे और सरकार का फंडा में लिखा है कि अवैध कब्जे की पूरी जानकारी संबंधित व्यक्ति के नाम और पते सहित वेबसाईट पर मिलेगी जिससे वन अतिकमण बेदखली की प्रकिया में पारदर्शिता भी आयेगी